केन्द्र सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत कर जन मानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना प्रदेश सरकार की प्रमुख नीति है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है मुख्यमंत्री कल पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया है इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के साथ केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अन्य प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एक सौ बाईस शहीद कर्मियों के आश्रितों को लगभग सत्ताईस करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई इस अवसर पर कानप्र नगर जनपद के ग्राम बिकरू की घटना में शहीद हए पुलिसकर्मियों के परिजनों को पचास लाख रूपये के स्थान पर एक करोड़ रूपये की अनुग्रह राशि और अन्य लंबित सभी देयकों का भी भुगतान किया गया प्रदेश के विमिन्न जनपदों से भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार हैं पुलिस स्मृति दिवस पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष इक्कीस अक्तूबर को मनाया जाता है आज ही के दिन उन्नीस सौ उन्सठ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के बीस जवानों का एक गस्तीदल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था जब उसपर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया इस लड़ाई में सीआरपीएफ के दस जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए थे प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि अमियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके और उनको सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के विकास भवन कार्यालय तहसील और विकास खंड कार्यालयों पर एक महिला हेल्य डेस्क स्थापित की जायेगी जिससे महिलाएं वहां अपनी शिकायत को बिना झिझक दर्ज करा सकें राज्य में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आये हैं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य में एक हजार सात सौ सोलह एंटीरोमियों दल सक्रिय हैं गत सत्रह अक्टूबर से चलाये जा रहे इस अभियान के अन्तर्गत अब तक पांच सौ छान्नबे लोगों पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई दस हजार छः सौ नौ लोगों से शपथ पत्र लेकर चेतावनी दी गई केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने दो हजार उन्नीस बीस के लिए केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी उन्होंने कहा कि इस बोनस से तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा इससे सरकार पर तीन हजार सात सौ सैतीस करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा यह बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में दिया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मददेनजर सर्विलांस और पर्यवेक्षण को और सुद्रढ करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने की जरूरत है श्री तिवारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पॉजटिव केस मिल रहे हैं उनकी मैपिंग कराई जाये और ऐसे क्षेत्रों के लिए बेहतर निगरानी की व्यवस्था की जाये उन्होंने अस्पतालों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों का फीडबैक लेने की समूचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान इकसठ हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक सड़सठ लाख पन्चानबे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल नौ दशमलव छह सात प्रतिशत लोग संक्रमित हैं

अपर मृख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सकिय मामलों की संख्या में इस दौरान सत्तावन प्रतिशत की कमी आई है और अब यह संख्या उन्तीस हजार छः सौ चौंतीस रह गई है उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने की दर भी लगातार सुधर रही है और अब यह बान्नबे दशमवल एक सात प्रतिशत हो गई है अब तक प्रदेश में क्ल चार लाख पच्चीस हजार तीन सौ छप्पन लोग कोरोना से पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

राज्य में सवा ताख के करीब मरीज इस जानलेवा वायरस से पूरी तरह से ठीक हो कर डिस्वार्ज हो चुके हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सिद्दार्थनगर जिले में कल फसल गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पूरे जिले से आये किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी के बारे में जानकारी प्रदान की गई गोष्ठी में किसानों को सब्सिडी के आधार पर कृषि सयत्रों का भी वितरण किया गया कार्यक्रम में कृषि विमाग से संबंधित अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण के लिये विमिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्थानीय सांसद जगदश्बिका पाल ने हाल ही में सरकार द्वारा लाये गये कृषि संशोधन कानून के बारे में किसानों को वास्तविक जानकारी दी